पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह का कार्यकाल दो वर्ष के लिए बढ़ा

श्री चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति एन वी रमन की पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया लेकिन पीठ ने इस बाबत कोई फैसला देने से इंकार करते हुए संबंधित मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया न्यायमूर्ति रमन ने इस बीच श्री चिदम्बरम को गिरफ्तारी से तत्काल अंतरिम राहत देने से इंकार भी किया श्री सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच का रुख किया लेकिन वहां अयोध्या विवाद की सुनवाई शुरू हो चुकी थी इसलिए पूर्व केंद्रीय मंत्री की याचिका का विशेष उल्लेख नहीं किया जा सका इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने भी चिदम्बरम के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है इससे पहले कल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की टीम ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से आईएनएक्स मीडिया मामले में पूछताछ की कोशिश की लेकिन उनके उपलब्ध नहीं होने पर सीबीआई ने दो घंटे को अंदर जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश देते हुए उनके निवास पर नोटिस चिपका दिया

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इंकार कर दिया था

जिसके जरिए यूजर या उपयोगकर्ताओं के सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार नंबर से जोड़ने की मांग करने वाले मामलों को शीर्ष न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई है

इसमें उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर जयपुर और अजमेर रेलवे स्टेशन शामिल है स्टेशनों को इको स्मार्ट बनाने के उददेश्य से कल केन्द्रीय प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने जोधपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया बोर्ड की ओर से तीन सदस्यीय टीम ने स्टेशन पर पानी और हवा से हो रहे प्रदूषण के स्तर की जांच की टीम ने यात्रियों को स्टेशन पर उपलब्ध कराए जा रहे पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए वाटर कूलर्स और प्याऊ से पानी के सेम्पल लिए और उनकी जांच की टीम का आज अजमेर स्टेशन के दौरे का कार्यक्रम है

लोकसभा सचिवालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि संसद भवन परिसर में कार्यरत लोकसभा सचिवालय और अन्य सहायक एजेंसियों के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है उन्हें प्लास्टिक के सामान की बजाय पर्यावरण के अनुकूल यानी प्राकृतिक तरीके से नष्ट होने वाले थैलों और सामानों का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है

इन्हीं कार्यों के तहत राजस्थान के युवा इंजीनियर योगेन्द्र पाल ने भूजल की सटीक जानकारी देने वाला एक सॉफ्टवेयर बनाया है झुंझुनू से हमारे संवाददाता ने बताया कि यह सॉफ्टवेयर उन किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है जिन्हें दो तीन जगह बोरिंग करने के बाद भी पानी नहीं मिलता है

उन्होंने कहा कि कृष्ठ रोग पीड़ित व्यक्तियों के साथ भेदभाव उन्मूलन विधेयक की प्रक्रिया में तेजी लाकर हम राष्ट्रपिता को श्रद्दांजलि अर्पित कर सकते हैं

इस संबंध में कार्मिक विभाग ने कल एक आदेश जारी कर दिया भूपेन्द्र सिंह दिसम्बर में सेवानिवृत होने वाले थे

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में यह सरकार ने यह निर्णय लिया है

वाहन में कुल आठ जवान सवार थे

इस अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्व कार्यवाही करने के साथ ही व्यापक प्रचार प्रसार कर सडक सुरक्षा के सम्बन्ध में जनचेतना जागृत की जायेगी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सडक सुरक्षा अभियान के तहत यातायात नियमों की अनुपालना पर विशेष ध्यान दिया जायेगा

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस योजना को मंजूरी दे दी है

बीसलपुर बांध के लबाबल होने से जयपुर अजमेर और टोंक के लोगों में हर्ष का माहौल है उधर बाडमेर ँजिले में रतनपुरा रपट पर कल पांच से छह फीट लूणी नदी के पानी का बहाव रहा

रपट पर पुलिस बल तैनात है